केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लिखे एक पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि इस परियोजना के लिए सभी तकनीकी मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं

उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान समाज सेवा में लोगों द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के सहयोग से ही राज्य सरकार कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में कामयाब रही है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग में भाग लिया

जयराम इस बीच मुख्यमंत्री ने रोहड् क्षेत्र के लोगों के साथ भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित विकास के लिए वचनबद्व है मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहड् क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सरकार ने नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत चांशल को स्की व शीतकालीन खेलों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है

शिमला में आज वेबिनार के माध्यम से एम्बाईब के प्रतिनिधियों व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑनलाईन माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को लाभ होगा शिक्षा मंत्री ने इस दिशा में एम्बाईब के प्रयासों की सराहना की गोविंद ठाकुर युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलो के विकास के लिए प्रदेश के हर ज़िले में खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री किरेन रिजिजू के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में शीतकालीन व साहसिक खेलो को बढ़ावा दिया जाएगा गोविंद ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया कार्यक्रम से प्रदेश के युवाओं व बच्चों में खेल गतिविधियों की ओर रूझान बढ़ा है उन्होंने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी खेल परिसर की तर्ज पर शिमला में अन्य खेल परिसर स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है परमार पालमपुर क्षेत्र के गढ़ माता मंदिर को नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो की समीक्षा के बाद बताया कि योजना के तहत ऐसे स्थलों का चयन किया जा रहा है जो प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर है परमार ने परौर स्थित राधास्वामी सतसंग ब्यास के संस्थागत क्वारंटीन केंद्र का दौरा कर लोगों का कुशलक्षेम पूछा और लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए संस्था के पदाधिकारियों का आभार जताया राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में पर्यटन व अन्य व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है